प्रचार थमा लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण और राज्य के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया

उत्तर प्रदेश में चौदह राजस्थान में बारह मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल में सात सात बिहार में पांचझारखंड में चार और जम्मू कश्मीर में एक सीट के लिए मतदान होगा प्रदेश के दूसरे चरण के छह मई को होने वाले मतदान के लिये भाजपा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने सातों संसदीय क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में जनसभाएं कर वोट मांगे

इस चरण में प्रदेष में टीकमगढ दमोह सतना रीवा खजुराहो होषंगाबाद और बैतूल में मतदान होना है सागर संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राज बहादुर सिंह और कांग्रेस के प्रभु सिंह राठोर खजुराहो में भाजपा के विष्णुदत्त शर्मा और कांग्रेस की कविता सिंह दमोह में भाजपा के प्रहलाद सिंह पटेल और कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी सतना में भाजपा के गणेश सिंह और कांग्रेस के राजाराम त्रिपाठी रीवा में भाजपा के जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस के सिद्वार्थ तिवारी टीकमगढ़ में भाजपा के वीरेन्द्र खटीक और कांग्रेस की किरण अहिरवार होशंगाबाद में भाजपा के राव उदय प्रताप सिंह और कांग्रेस के शैलेन्द्र दीवान बैतूल में भाजपा के दुर्गा दास उइके और कांग्रेस के रामू टेकाम के बीच मुकाबला है

भाजपा कांग्रेस और बहजन समाजपार्टी के नेताओं ने आज विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया

देश के आठ करोड परिवारों के घरों में शोचालय पहुंचाकर माताओं और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया देश के ढाई करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है मोदी सरकार ने गरीबों के इलाज के लिये आयुष्मान योजना शुरू की है वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सागर में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं

श्री सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तन्ज कसते हुए कहा खेत की चौकीदारी किसान कर रहा देश का चोकीदार विदेश मे नेताओ को झप्पियाँ दे रहा है

इसी कम में बहजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मुरैना में आज भाजपा और कांग्रेस पर जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि दोनों ही दलों की सरकारे मतदाताओं को चुनाव के पहले प्रलोभन देती हैं मगर सरकार बनने पर वे अपने वादे पूरे नहीं करती मायावती ने हाल ही में राज्य के कुछ नेताओं के बसपा से कांग्रेस में शामिल होने को लेकर नाराजगी जताई और कांग्रेस पर हमला किया उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कांग्रेस ने हमारी पार्टी में तोड़फोड़ की है अब कांग्रेस इसके लिये तैयार रहे कि हमारी पार्टी जल्दी ही इसका बदला लेगी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के हरसुद विधानसभा क्षेत्र में बैतूल से भाजपा उम्मीदवार डीडी उइके के समर्थन में जनसभाएं की और जनसंपर्क किया

केन्द्रीय मंत्री उमाभारती ने आज दमोह संसदीय क्षेत्र के पथरिया में भाजपा उम्मीद्वार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला उन्होंने कहा कि राहल गांधी और प्रियंका गांधी असली गांधी नहीं हैं च्नाव दमोह लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण और प्रदेश के दूसरे चरण की सात सीटों में से हाई प्रोफाइल दमोह सीट पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद पटेल का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह लोधी से है इस सीट का जायजा लेने के लिये हमारे संवाददाता राशिद अहमद खान दमोह में मौजूद हैं आईये सीधे उनसे बात करते हैं राशिद वहां प्रचार थमने के बाद किस तरह का माहौल देखा जा रहा है

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रब्रद्वे सहित भाजपा के अन्य नेताओं की मौजूदगी में जारी आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने किसानों और अन्य वर्गों के साथ बीते पौने चार माह में वादा खिलाफी की है राज्य में बिजली की समस्या शुरू हो गई है सरकार तबादला उद्योग में व्यस्त है जनता की समस्याएं और कानून व्यवस्था किसी से छूपी नहीं है वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोप पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सुदाम खाड़े ने कहा कि कतिपय व्यक्तियों समूहों असामाजिक तत्वों के द्वारा व्हाटसएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम तथा अन्य इलेक्ट्रानिक डिजिटल माध्यमों के दुरूपयोग को देखते हुए यह धारा लागू की गई है उन्होंने कहा कि सोषल मीडिया में अशोभनीय एवं तथ्यों से परे टिप्पणी की जाकर समाज में विद्वेष की भावना से जनजीवन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की संभावना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सागर और ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगे केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह देवास और गुना में केन्द्रीय मंत्री नितीन गड़करी उज्जैन में सभा को संबोधित करेंगे इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेम पैत्रोदा कल इंदौर में रहेंगे मौसम ओडिशा के तटवर्ती जिलों में व्यापक तबाही के बाद चक्रवात फोनी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दस्तक दी है वहीं पूर्वी क्षेत्र में हवा का दबाव बनने और द्रोणिका के कारण राज्य के मौसम में भी बदलाव आया है शनिवार को राजधानी सहित राज्य के कई हिस्सों में बादल छाये रहे जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है